जैव प्रौदयोगिकी विमाग के तहत स्वायत्त संस्थानों और सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के प्रमुखों से वीडियों काफ्रेंस के माध्यम से बात करते हए उन्होंने कहा कि अन्य तीन जिलों में कम मामले हैं और एक सौ उन्तीस जिले हॉटस्पॉट हैं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 स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पिछले सात दिन में अस्सी जिलों में कोरोना वायरस का कोई मामला सामने नहीं आया है जबकि सैंतालिस जिलों में पिछले चौदह दिनों में इस वायरस के संक्रमण की कोई खबर नहीं है डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड नाइन्टीन लड़ाई में वैज्ञानिक कोरोना योद्वाओं के लिए बहत योगदान करने जा रहे हैं उन्होंने कहा कि वैज्ञानिकों ने देश में ही एटीबॉडी टेस्ट किट और आर टी पीसीआर टेस्ट किट विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है प्रदेश सरकार आने वाले दिनों में लगभग पन्द्रह लाख लोगों के लिए संगरोध सुविवाएं तैयार करेगी अन्य राज्यों से वापस आने वाले मजदूरों के लिए ये सुविधाएं विकसित की जाएंगी सरकार ने कहा है कि प्रयागराज में रह रहे दस हजार छात्रों को चरणबद्द रूप से उनके घर भिजवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ग़ह रजनीश अवस्थी ने कहा कि देश के सभी पचहत्तर जिलों में विशेष क्वारंटीन केंद्र बनाए जाएंगे जिनमें हर केंद्र पर पंद्रह से बीस हजार लोग रखे जा सकेंगे इस तरीके से पूरे प्रदेश में इन केंद्रों की क्ल क्षमता दस से पंद्रह लाख तक हो जाएगी इसमें दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों के रहने का इंतजाम किया जाएगा उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से अस्थायी रूप से एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना अपनाने की व्यावहार्यता पर विचार करने को कहा है ताकि लॉकडाउन अवधि में प्रवासी कामगारों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रियायती दर पर अनाज उपलब्ध कराया जा सके केन्द्र सरकार की यह योजना इस वर्ष जन में शुरू होनी थी

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई दसवीं और बारहवीं कक्षा की बाकी बची परीक्षाओं को लॉकडाउन के बाद आयोजित करेगा मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कल बताया कि पूर्णबंदी समाप्त होने और स्थिति सामान्य होने पर सरकार परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करेगी श्री निशंक देशभर के अभिभावकों से ऑनलाइन माध्यम से संवाद कर रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अस्पतालों में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी उपाय करते हुए अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं प्रारंभ की जाएं उन्होंने कहा कि उपचार के दौरान सामाजिक दुरी का विशेष ध्यान रखा जाए मुख्यमंत्रों ने एक मई से राज्य में जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्यान्न वितरण का कार्य फिर से शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं जौनपुर में आज तीन और लोगों में कोरोना संक्रमण की पृष्टि हई जिसके बाद जिले में संक्रमितों की संख्या बढ़कर आठ हो गयी है जिलाधिकारी ने बताया कि तीनों व्यक्ति पिछले दिनों मुम्बई से आए हैं और चौदह दिन की क्वारंटीन अवधि के तहत पृथक वास केंद्र में रह रहे हैं इनमें से दो सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के करनप्र और एक जलालप्र का रहने वाला है चंदौली जिले के तिरानबे छात्रों को प्रयागराज से लाया गया है राज्य परिवहन निगम की चार बसें आज तड़के विद्यार्थियों को लेकर शहर पहंची सभी का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और स्वस्थ पाए जाने पर उन्हें चौदह दिन घर में क्वारंटीन रहने का निर्देश देते हए अभिभावकों के साथ भेज दिया गया कुशीनगर के जिलाधिकारी ने जनपद से लगी बिहार की सीमा पर चौकसी और कड़ी करने के निर्देश दिए हैं पड़ोसी राज्य बिहार के सीमावर्ती जिले गोपालगंज में कोरोना संक्रमण के मामले मिलने के बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने आज सीमा पर रिथत पुलिस चौकी समउर का निरीक्षण किया उन्होंने चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए बलरामपुर में हरियाणा से आए एक सौ चौवालीस श्रमिकों को संगरोध में रखा गया है अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर ए के सिंघल ने बताया कि सभी लोग थर्मल स्क्रीनिंग के जरिये की गयी प्रारंभिक स्वास्थ्य जांच में स्वस्थ पाए गए हैं उन्हें अगले चौदह दिनों के लिए पृथक वास केंद्रों में रखा गया है